रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे मनाली उदघाटन समारोह की तैयारियों का लिया जायज़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर दी गई श्रद्वांजलि

प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बारे में बात की थी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

समारोह को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं

स्वागत इस बीच अटल टनल रोहतांग के उदघाटन समारोह में भाग लेने के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मनाली पहुंचे सासे हैलीपैड पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया राजनाथ सिंह ने सुरंग के उत्तर और दक्षिण छोर का दौरा कर लोकार्पण समारोह के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लैफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने अटल टनल की विशेषताओं की जानकारी दी केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविन्द ठाकुर और सांसद राम स्वरूप शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे राजनाथ सिंह केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाली के समीप सासे में आज कैलिब्रेशन लैब भवन की आधारशिला रखी

ये बर्फीले क्षेत्रों में फील्ड लोकेशन में तैनात किए जाने के लिए सैंसरों की विविधता के कुशल और समयबद्व कैलिब्रेशन में अहम भूमिका निभाएगा इस दौरान अधिकारियों ने केन्द्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद राम स्वरूप शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे

सोलन के उपायुक्त केसी चमन के अनुसार जिले में भी लाईव प्रसारण की सुविधा के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से भी लाईव देखा जा सकेगा पीएम अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी ग्राम प्रधानों से जल जीवन मिशन को गांवों में कारगर तरीके से लागू करने के प्रयास जारी रखने की अपील की है ताकि सभी लोगों खासतौर पर गरीब लोगों को घरों में नल से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके

इस अभियान के तहत न सिर्फ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी बल्कि पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी वीरेन्द्र कंवर कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग से लाहौल की कृषि अर्थव्यवस्था में क्रांति आएगी उन्होंने कहा कि सुरंग खुलने के बाद परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और किसानों को सालभर अपना उत्पाद मण्डियों तक पहुंचाने में सुविधा होगी जिससे उन्हें इसके उचित दाम मिल सकेंगे वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि सुरंग से लाहौल स्पीति में कृषि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा वीरभद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अटल टनल रोहतांग के बनने पर प्रदेश के लोगों विशेषकर लाहौल स्पीति वासियों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि इस सुरंग से जिले के लोगों को साल भर आवागमन में सुविधा होगी वीरभद्र सिंह ने कहा कि ये सुरंग देश की रक्षा व सुरक्षा में भी मददगार साबित होगी श्रद्वांजलि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर आज श्रद्वांजलि अर्पित की गई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा और धर्म को अपने जीवन का आदर्श मानकर अपनाया था बाद में राज्यपाल ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्दांजलि दी इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्वांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री ने उन्हें सादगी शांति और सद्भावना का प्रतीक बताया शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे

भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर जिले में अपने निवास स्थान समीरपुर में श्रद्धासुमन अर्पित किए इस अवसर पर विधायक राजीव बिंदल ने नाहन में मेड इन सिरमौर पर आधारित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया सोलन में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता संकल्प सप्ताह की शुरूआत की गई इसके तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया जिला मुख्यालय में एक अन्य कार्यक्रम में उपायुक्त केसी चमन ने अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वच्छता संकल्प की शपथ दिलाई भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शिमला नगर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना में साइकिलिंग के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा वे आज हिमालय एडवेंचर स्पोर्ट्स एण्ड टूरिज़्म एसोसिएशन द्वारा आयोजित साइकिल दौड़ के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से भी साइकिल दौड़ का अत्यधिक महत्व है

निरीक्षण ऊना स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का तकनीकी शिक्षा निदेशक विवेक चंदेल ने आज निरीक्षण किया उन्होंने संस्थान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और फेस कवर के प्रयोग सहित सैनिटाइज़ेशन के प्रबंधों को लेकर जानकारी ली